शिमला में आज भारत सरकार के उपक्रम रेल विकास निगम के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि इसके लिए एक अनुश्रवण समिति गठित की जाएगी जो हर महीने परियोजना की प्रगति की निगरानी करेगी

बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अनिल कुमार ने की यूको बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एके गोयल ने बताया कि बैठक का उद्देश्य जीवन बीमा के दावों संबंधी मामलों का निपटारा और ऑनलाईन बैंकिंग के बारे में ग्राहकों में जागरूकता पैदा करना था

सुरेश भारद्वाज वरिष्ठ भाजपा नेता व शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में अपनी हार को छुपाने के लिए इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को लेकर निराधार बयानबाजी कर रही है उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने ईवीएम हैक होने संबंधी सभी शिकायतों को खारिज किया भारद्वाज ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी ईवीएम हैकिंग की बात कर रही है उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश पर चुनाव आयोग ने ईवीएम पर हुई वोटिंग का वीवीपैट से मिलान करवाया और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं निकली है

शिमला में आज एक पत्रकार सम्मेलन में आज उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर एक ओर जहां पार्टी अध्यक्ष राहल गांधी जबकि हिमाचल में भी सभी बड़े नेताओं ने हार की जिम्मेदारी ली है रजनी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सभी विभागों के पदाधिकारियों से बैठकें कर हार के कारणों पर विचार लिए हैं और इस संबंध में रिपोर्ट तैयार कर पार्टी हाईकमान को सौंपी जाएगी

उन्होंने बताया कि घर की छत पर लगने वाले ग्रिड से जुड़े पॉवर प्लांट लगाने और इस लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार प्रयासरत्त है

निधन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव महेश शर्मा का बीती रात शोघी के समीप एक सड़क द्र्घटना में निधन हो गया उनकी आत्मा की शांति के लिए शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आज एक शोक सभा का आयोजन किया गया पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल और प्रदेश अध्यक्ष क्लदीप राठौर सहित अन्य पदाधिकारियों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा

उन्होंने कहा कि पात्र किसान योजना का लाभ उठाने के लिए अपनी बैंक पासबुक और आधार कार्ड की प्रतिलिपि के साथ संबंधित पटवारी या पंचायत सचिव से सम्पर्क कर सकते हैं

मौसम राज्य के अनेक स्थानों पर आज शाम हुई वर्षा से लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली है लाहौल स्पिति जिले के उंची चोटियों पर दोपहर बाद हल्का हिमपात जबकि अन्य क्षेत्रों में वर्षा हुई खराब मौसम से ग्राम्फू काजा मार्ग पर बर्फ हटाने का कार्य बाधित हुआ है उधर कुल्लू जिले के मनाली मणिकर्ण व जलोड़ी में वर्षा के बाद हुए सुहावने मौसम का पर्यटकों ने खूब आनंद लिया